प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि हमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे निर्देशों का पालन करना चाहिए जिससे स्वयं के साथ औरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें वर्ष भर स्वास्थ्य का ध्याान रखने के लिए प्रेरित करेगा

मंत्रिमंडल ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को दो साल की अवधि के लिए स्थगित करने को भी स्वीकृति दी

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उत्तरी कश्मीर के केरन सैक्टर में आतंकियों के साथ हुई मुठमेड़ में शहीद हुए प्रदेश के दो जवानों संजीव कुमार व बालकृष्ण को भी श्रद्वांजलि अर्पित की

मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने बताया कि यह सभी लोग तबलीगी ज़मात से आए थे

इस बीच पुलिस ने चुराह क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है ऑक्सीजन केन्द्र ने राज्यों को लॉकडाउन अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा है

ऑक्सीजन आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय और विश्व स्वास्थ्य संगठन सूची में भी शामिल है केन्द्रीय गृह सचिव ने बताया कि ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सामग्री की निर्माण इकाइयों उत्पादित सामग्री के परिवहन तथा फैक्ट्री कामगारों को लॉकडाउन से छूट दी गई है गृह सचिव ने कहा कि संगठन और प्रतिष्ठानों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखने और समुचित साफ सफाई रखने के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं जिला अधिकारियों को भी सख्ती से नियम पालन कराने को कहा गया है

शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से सभी को मिलकर लड़ना होगा

उन्होंने कहा कि कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार को अभी से दीर्घकालीन कार्य योजना पर विचार करना चाहिए

उन्होंने बताया कि टीम में शामिल सभी कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सैनेटाईजर मास्क और दस्ताने उलब्ध करवाये गए हैं